इधर प्रदेश में भी चुनाव प्रचार तेज हो गया है हालांकि इस चरण में प्रदेश की किसी भी लोकसभा सीट पर वोट नहीं डाले जायेंगे

दिग्विजय घोषणा पत्र पूर्व मुख्यमंत्री और भोपाल संसदीय सीट से कांग्रेस उम्मीद्वार दिग्विजय सिंह ने आज राजधानी भोपाल के विकास के संबंध में अपना दुष्टिपत्र जारी किया विजन भोपाल नाम के इस दृष्टिपत्र में भोपाल को ट्ररिस्ट हब बनाने यहां त्वरित हवाई सेवा प्रदान करने आसपास के बढ़े शहरों को कॉरीडोर के माध्यम से भोपाल से जोड़ने सहित कई सुझाव दिये गये हैं प्रज्ञा नोटिस भोपाल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी ने एक और नोटिस जारी किया है सुश्री ठाकुर को एक दिन के भीतर इस नोटिस का जवाब देना होगा गौरतलब है कि उन्होंने कथित तौर पर कल अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने को लेकर बयान दिया था इससे पहले महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी शहीद हेमन्त करकरे पर भी उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस जारी कर एक दिन के भीतर जवाब मांगा था आज सुबह सुश्री ठाकुर ने संवाददाताओं के सवाल के जवाब में कहा कि वे आयोग के नोटिस का नियमानुसार जवाब देंगी मतदाता जागरुकता प्रदेश में इन दिनों लोकसभा चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं आज नगर निगम भोपाल और जिला प्रशासन के सहयोग से स्थानिय लालपरेड़ मैदान से साइकल रैली निकाली गई

वहीं खण्डवा जिले के रजूर गांव में लोगों को ईवीएम और वीवीपैट के संचालन के बारे में बताया गया इस दौरान उन्हें मतदान की शपथ भी दिलाई गई इसके अलावा जिले के मैदारानी फूलगांव भोजाखेड़ी गोलखेड़ा सेमलिया टाण्डा सहित कई गांव में जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये गये वहीं रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से भी महिलाओं को मतदान के लिये प्रेरित किया जा रहा है बुरहानपुर में कलेक्टर उमेश कुमार ने आज सुबह सैर पर आने वाले लोगों को भी मतदान करने की शपथ दिलाई जनसंपर्क दिवस राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस पर आज पब्लिक रिलेशंस सोसायटी ने भोपाल में लोकसंपर्क सम्मान प्रदान किये

ईस्टर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उप राष्ट्रपति एम वैंकैया नायडु ने लोगों को ईस्टर की बधाई दी है श्री कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि ईसा मसीह मानवता प्रेम और सत्य के सिद्धांतों के प्रतीक हैं वहीं उप राष्ट्रपति श्री नायडू ने इस अवसर पर लोगों से आग्रह किया कि वे एक नई दुनिया बनाने का संकल्प लें जिसमें प्रेम सम्मान और समानता जैसी एकजूट करने वाली ताकतों से नफरत मनमुटाव और भेदभाव जैसी विभाजनकारी शक्तियों पर काबू पाया जा सके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी लोगों को ईस्टर की शुभकामनाएं दी हैं श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि ईसा मसीह के पवित्र विचार लाखों लोगों की प्रेरणा का स्रोत हैं प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि यह दिन शांति और मेलजोल की भावना को मजबूत बनाएगा

श्री सिंह यहां से अनूपपुर के लिये रवाना हो गये